राज्य में आज बत्तीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि अलग अलग जिलों से छह लोगों की मौत हुई है अबतक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या तीन हजार छह सौ अस्सी हो गयी है मृतकों में गोड़डा जिले से एक पंचायत सचिव जमषेदपुर के टीएमएच अस्पताल में भर्ती एक संक्रमित और रिम्स रांची के कोविड वार्ड में भर्ती चार मरीज शामिल हैं वहीं बोकारो जिले के कोविड अस्पताल से स्वस्थ होने पर आज दो लोगों को छुट्टी दे दी गयी है और कोडरमा जिले में नौ लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं राज्य में हर दिन नए मामलों की पुष्टि होने के बाद स्वस्थ दर घटकर साठ प्रतिषत पर आ चुकी है झारखंड के पुलिस महानिदेषक कार्यालय की ओर से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को दिषा निर्देष जारी किया गया है गृहविभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देष दिया है कि जिलों में प्रवेष करने वाले लोगों को कोरोना जांच सुनिष्चित करायें साथ ही किसी तरह के कोरोना संक्रमण के लक्षण पाये जाने की स्थिति में उन्हें जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्वारेंटाइन रखना सुनिष्चित करें गृह विभाग ने अपने निर्देष में यह भी कहा है कि जिले में बिना मास्क लगाये यात्रा करने वाले या घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि जिन लोगों को संकमण के थोड़े से भी लक्षण दिखायी दे तो वे अपनी कोरोना जांच जरूर कराये इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देष जारी किया चुका है कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने गैर जरूरी वस्तुओं की दुकान खोलने वालों के खिलाफ सख्ती तेज कर दी है पाक्ड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के तोड़ाई को जिला प्रषासन ने कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है तोड़ाई में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद मरीज के आसपास के घरों तक जाने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया है

इसके साथ ही जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ब्यालीस हो गई है इस संबंध में पाकड़ जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल सहित अधिकारियों की एक टीम आज तोड़ाई गांव का निरीक्षण किया और गांव में प्रवेष करने वाले सारे रास्तों को बंद किया उपायुक्त के निर्देष पर मेडिकल टीम के सदस्यों ने गांव में घर घर सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया है राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेष ठाक्र के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद उनके सम्पर्क में आये नब्बे लोगों की कोरोना जांच की गयी इन सभी लोगों की जांच आज नेगेटिव पायी गयी जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों मंत्री की कोरोना जांच पॉजिटिव पायी गयी थी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

इस अवसर उपायुक्त जिषान कमर ने मंडल कारा की सुरक्षा को मजबूत बनाने पर जोर दिया

पष्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम और सराईकेला खरसावां जिले में हल्की बारिष के साथ वज्रपात की आषंका जताते हुए येलो कार्ड चेतावनी जारी की है विभाग ने रांची रामगढ़ हजारीबाग गिरिडीह देवघर द्मका खूंटी बोकारो धनबाद और जामताड़ा जिले में मध्यम दर्जे की बारिष के साथ वज्रपात की आपंका जतायी है मौसम विभाग ने राज्य के किसानों को हल्की बारिष के दौरान खेतों में नहीं जाने का सुझाव दिया है इधर आपदा प्रबंधन विभाग भी हल्की बारिष के दौरान वज्रपात की आषंका जताते हुए लोगों को सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने का सुझाव दिया है इधर राज्य में अलग अलग जिलों में हुए वज्रपात से पांच लोगों की मौत हुई है दुमका जिले में वज्रपात से आज तीन लोगों की मौत हो गयी इनमें मसलिया प्रखंड के मकरमपुर गांव के दो युवक और षिकारीपाड़ा प्रखंड का एक व्यक्ति शामिल है मकरमपुर गांव में हए वजपात में एक मिठाई दुकानदार के घायल होने की सूचना है उधर वजपात से गिरिडीह में एक और गांडेय में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को देखते हुए परफॉरमेंस इण्डेक्स की ताजा रैंकिंग में पूरे देश में रामगढ़ जिला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है रामगढ़ जिला को आल इंडिया रैंकिग में करीब निन्यानवे अंक प्राप्त हुए है वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान रामगढ़ जिला राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है यह जिले वासियों के लिए गर्व की बात है

ऐसे ही एक लाभुक प्रनम देवी ने बताया कि उन्हें घर मिलने से बहुत खुशी हुई है साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हम गृहणियों के सपने को इस योजना से साकार कर दिया है

राज्य के अलग अलग जिलों में हुई आपराधिक घटनाओं में शामिल आज सात लोगों की गिरफ्तारी हई है इनमें हजारीबाग जिले से एक और चतरा जिले से छह अपराधी शामिल हैं हजारीबाग जिले के चरही और गिद्दी थाना क्षेत्र के नक्सली संगठन टीपीसी के नाम पर आपराधिक गिरोह चलाने वाले एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी को आज न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है साथ ही इस संगठन में शामिल नौ अन्य सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गिरोह पर रंगदारी लेवी मांगने से संबंधित कई मामले दर्ज हैं

गिरफ्तारी लावालौंग पांकी मुख्यपथ से हुई है पुलिस के अनुसार पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के छह युवक शादी विवाह को ले उत्पन्न विवाद का निबटारा करने लावालौंग आए थे यहीं से लौटने के दौरान एसपी ऋषम झा के निर्देश पर चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान लावालौंग पुलिस ने इन्हें दबोच लिया इनके पास से स्कार्पियो गाड़ी के अलावा एक देशी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस बरामद किया गया है पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में चतरा मंडल कारा भेज दिया है पलामू जिले के मेदिनीनगर षहर में चार राषन डीलरों की कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है सभी संक्रमितों की उम्र तीस से पैंतालीस वर्ष के बीच की हैं जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने बताया कि दस जुलाई को पैंतालीस राषन डीलरों की कोरोना जांच की गयी थी जिनमें ये चार कोरोना पॉजिटिव पाए गए